मुम्बई हमले की दसवीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत की दुहराई भारत की प्रतिबद्धता कहा अपराधियों को निश्चित रूप से मिलेगी सजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खसरा और रूबेला बीमारी के टीकाकरण अभियान का किया शुमारम्म

प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए खोले जायेंगे नौ हजार तीन सौ सड़सठ रिटेल आउटलेट कल संविघान दिवस मनाया गया सन् उन्नीस सौ उन्वास में इसी दिन भारत के संविघान को मंजूरी दी गयी और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पवास को इसे लागू किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एमवैकैया नायडू और प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बघाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में संक्वान दिवस पर आयोजित समारोह में कहा कि संक्वान की रक्षा और इसे मजबूत करना न्यायपालिका कार्यपालिका और विघायिका की जिम्मेदारी है इन तीनों को ही यह जिम्मेदारी जनता की भागीदारी के साथ नियानी चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि संक्विन नागरिकों को सशक्त बनाता है लेकिन उन्हें भी संक्विन का पालन कर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसे मजबूत करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि संक्षिान स्वतंत्र भारत का आध्निक और भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सजीव दस्तावेज है उच्चतम न्यायालय के प्रवान न्यायावीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविघान वंचित वर्गों की आवाज तथा बहुमत का विवेक है उन्होंने कहा कि यह संकट के समय इन सबको दिशा निर्देश देता रहा है और पिछले सात दशकों से एक बड़ी ताकत बना हुआ है कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि घर्म जाति समुदाय आर्थिक सम्मन्ता या साक्षरता का भेद किए बिना एक आम भारतीय का देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना भारतीय संविधान की विशेषता है संविधान दिवस पर ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय दायित्व है कि लोग अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में संविधान के मूलभूत उदेश्यों को अपनाएं श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि देश संविधान सभा की महान विमृतियों के योगदान को हमेशा याद करता रहेगा उन्होंने संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्वता व्यक्त की है कल मुंबई हमले की दसवीं बरसी थी इस अवसर पर मुंबई हमले के शहीदों को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गई दो हजार आठ में कल ही के दिन दस सशस्त्र पाकिस्तानी आतंकवादी अरब सागर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे और शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले किये थे इन हमलों में एक सौ छाछठ लोगों की मौत हुई थी और तीन लोग घायल हुए थे दक्षिण मुंबई के पुलिस जिम्खाना में आयोजित एक शोक सभा में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीविद्यासागर राव मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों ने भाग लिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रवानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुग्वई हमले में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी है श्री कोविंद ने कहा है कि भास्त न्याय सुनिश्चित करने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सदैव प्रतिबद्द रहेगा प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्ई आतंकी हमले में मारे गए लोर्गो को श्रद्दांजलि दी है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 एक ट्वीट में कर्नल राठौड़ ने कहा कि यह दुखद दिन लोगों को हमेशा ही एकजुट रहने और भारत को पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का स्मरण कराता रहेगा विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान को छबीस नवम्बर दो हजार आठ के मुंबई आतंकी हमलों के दोषियों पर प्रतिबंध लागू करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति दायित्व पूरा करना चाहिए उन्होंने मुंबई आतंकी हमले की दसवीं बरसी पर अमरीकी विदेशमंत्री माइक पोम्पियों के बयान का भी स्वागत किया जिसमें पाकिस्तान से कहा गया है कि वह इस हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाये से से अमेरिका दो हजार आठ के मुम्बई हमलों को अंजाम देने साजिश रचने मदद करने और भड़काने से जुड़े किसी व्यक्ति के बारे में किसी भी देरा में सुचना और उसकी गिरफ्तार पर पचास लाख डॉलर के ईनाम की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के उप राष्ट्रपति माइस पेंस के बीच सिंगापुर में हई मुलाकात के एक पखवाड़े से भी कम समय के बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान प्रघानमंत्री ने इस मुददे को उठाया था विदेश विमाग ने कहा है कि इस घटना के बारे में सुचना देने वाला कोई भी व्यक्ति वेव साइट या ई मेल इनफो एट रिवार्डस फॉर जस्टिस डॉट नेट के जरिए सम्पर्क कर सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बीमारियों के विरूद्व टीकाकरण अमियान में जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने में सबको सहभागी बनना होगा उन्होंने कहा कि राज्य के अड़तीस जिलों में जापानी इन्सेफेलाइटिस जेइं के खिलाफ चलाए गये अभियान में एक हद तक सफलता मिली है श्री योगी कल लखनऊ में खसरा तथा रूबेला टीकाकरण अभियान के श्मारम्म के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिये टीकाकरण जैसे पवित्र अमियान के साथ समी को जुड़ना होगा

उन्होंने बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा महिला बाल विकास सहित अन्य सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वह इसके लिये टीम भावना के साथ कार्य करें यह अभियान प्रदेश भर में पांच सप्ताह तक चलाया जायेगा अमियान के तहत प्रदेश में आठ करोड़ बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नौ माह से पन्द्रह साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है खसरा तथा रूबेला टीकाकरण का यह अमियान देश का सबसे बड़ा अमियान है इकतालिस करोड़ बच्चे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे बलरामपुर में श्रावस्ती के सांसद ददन मिश्रा ने टीकाकरण अभियान का श्मारम्म किया जनपद में सात लाख बत्तीस हजार बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्वारित किया गया है मेरठ में टीकाकरण अमियान का शुभारम्म विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजक्मार ने संयुक्त रूप किया जिले में तेरह लाख बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अपने वैश्विक सतत विकासशील शहर दो हजार पच्चीस पहल के लिए चुना है संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत के सिर्फ इन दोनों शहरो को यूनिर्विसटी सिटी वर्ग में चुना गया है प्रदेश में वर्तमान समय में प्रतिकर्ष पेट्रोल और डीजल की मांग में आठ से चार प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उत्तर प्रदेश तेल उद्योग के कार्यकारी निदेशक अरूण कृमार गंजू ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हई मांग को देखते हुए राज्य में नौ हजार तीन सौ सड़सठ रिटेल आउटलेट खोले जायेंगे उन्होंने बताया कि चार हजार सात सौ तेरह आउटलेट शहरी क्षेत्रों में और चार हजार छ सौ चौवन आउटलेट ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यापार को आसान बनाने के निर्देशों पर अमल करते हुए तेल कम्पनियों ने पहली बार आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है अधिक जानकारी के लिए वेवसाइट डब्लू डब्लू पेट्रोल पम्प डीलर चयन डॉट इन को सम्पर्क कर सकते हैं फिल्मों के श्रेष्ठ लेखक सलीम खान को सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा गोवा में आयोजित उन्वासवें फिल्मोत्सव के समापन समारोह में अट्ठाईस नवंबर को ये पुस्कार प्रदान किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कल एक तेज रफ्तार कार और बस की टक्कर में कार में सवार चार लोगों की मृत्यु हो गयी तथा आठ अन्य लोग घायल हो गये घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस सुत्रों के अनुसार कार सवार दिल्ली की ओर जा रहे थे जबकि बस कन्नौज से आगरा जा रही थी